पीएम सतर्कता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी जिम्मेदार जवाबदेह और विकास के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर कल से शुरू हुए तीन दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बीते वर्षो से भारत भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल कर रहा है उन्होंने कहा कि चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो आर्थिक अपराध हों मादक पदार्थों का अवैध व्यापार हो मनी लॉन्ड्रिंग हो या आतंकियों को धन मुहैया करना हो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हए अपराध हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार के विरूद्ध व्यवस्थित जांच प्रभावी लेखा परीक्षा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे उपायों को अपनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त रूप से संघर्ष छेड़ना होगा उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लडना केवल एक एजेंसी का काम नहीं है बल्कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है

वहीं चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ अधिकतम मतदान सुनिश्चित कराने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने हजीरा स्थिति इंटक मैदान में भाजपा प्रत्याशी प्रद्य्मन सिंह तोमर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर ग्वालियर पूर्व और डबरा में उप चुनाव में खड़े प्रत्याशियों द्वारा सघन जनसंपर्क अभियान के साथ नुक्कड़ सभाओं का दौर भी जारी है उधर मुरैना की पांच विधानसभा क्षेत्रों में स्टार प्रचारकों के सघन दौरे जारी है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभाओं को संबोधित किया वहीं कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मोर्चा संभाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती आज रायसेन में भाजपा प्रत्याशी डॉ प्रभुराम चौधरी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगी वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट पर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रैली करेंगे

इंदौर जिले के साँवेर में मतदाता जागरूकता अभियान में अब महिलाएं भी जुड़ गई हैं इस अभियान में ग्रामीण महिलाएं रंगोली और मेंहदी बनाकर मतदान का संदेश दे रहीं है वहीं शपथ लेकर मतदान के प्रति अपनी प्रतिबद्वता भी व्यक्त कर रही हैं स्वीप अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र में चुनाव पाठशाला मतदाता शपथ जागरुकता होर्डिंग लगाना रैली निकालना और बुजूर्ग व दिव्यांग मतदाताओं का सम्मान जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं कला पथक के दल गीत संगीत के माध्यम से मतदाताओं को मतदान की महत्ता समझा रहे हैं मतदान कोन्द्र जागरूकता समूह की बैठकों में मतदाताओं को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मतदान केंद्रों पर की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी जा रही है क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा भी कल ग्रामीण मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है इस दौरान लोगों से मास्क लगाने सहित कोरोना से बचाव के उपाय अपनाने की अपील भी की गई है

ग्वालियर कलेक्टर ने एक पत्र के जरिए मतदाताओं से तीन नवंबर को मतदान की अपील की है

खंडवा जिले की मांधाता सीट पर भी विभिन्न गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है बिहार चुनाव बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज कराया जा रहा है कोविड महामारी के दौर में हो रहे इस पहले मतदान में सुरक्षित मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक चलेगा

प्रतिदिन सामने आने वाले मरीजों की संख्या घटकर एक हजार से कम हो गई है

अब प्रतिदिन संक्रमण की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है

जन आंदोलन कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन का समर्थन करते हए पर्वतारोही रत्नेश पाण्डेय ने नागरिको से कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की अपील की है

जल संरक्षण के उत्कृष्ट कार्य के लिए सागर जिले को देश के पश्चिमी क्षेत्र में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने इस उपलब्धि के लिए जिले वासियों तथा सागर जिला पंचायत को बधाई दी है मौसम प्रदेश में गुलाबी ठंड का अहसास होने लगा है वहीं अगले महीने शुरूआत से ही ठंड के तेवर तीखे होने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम केन्द्र के अनुसार प्रशांत महासागर में ला निना प्रभाव दिखने लगा है इसके असर से नवंबर दिसंबर माह में मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त ठंड पड़ेगी वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने कहा कि नवंबर दिसंबर माह में उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के साथ जबरदस्त बर्फबारी होगी पहाड़ों पर बर्फ जमने से सर्द उत्तरी हवाएं ठंड में इजाफा करेंगी

आज अब्धाबी में मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार